इस वर्ष साढ़े सात प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान

जयपुर नगर निगम के महापौर पद के लिये आज होगा उप चुनाव प्रदेश में मौसम में अचानक आये बदलाव से सर्दी का असर फिर से बढ़ा कई स्थानों पर ओले गिरने और वर्षा के समाचार अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आई एम एफ ने कहा है कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी आई एम एफ का अनुमान है कि इस साल अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर साढ़े सात प्रतिशत रहेगी अगले वर्ष ये दर सात दशमलव सात प्रतिशत होगी भारत की वृद्धि दर इन दो वर्षो में चीन की अनुमानित विकास दर छह दशमलव दो प्रतिशत से एक प्रतिशत अधिक रहेगी आई एम एफ ने तेल की कम कीमतों और मौद्रिक सख्ती की धीमी गति को भारत की विकास दर में वृद्धि का प्रमुख कारक बताया है वॉशिंगटन में जारी जनवरी माह के विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा इससे पहले प्राइस वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस वर्ष भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में ब्रिटेन से आगे निकल जायेगा वाराणसी में चल रहे तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ऑपचारिक रूप से उदघाटन करेंगे

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्दधन राठौड ने कल सम्मेलन को संबोधित किया सम्मेलन के प्रतिभागियों ने बनारस के घाटों पर चल रहे गंगा महोत्सव के साथ ही अन्य स्थानों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया नव भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका सम्मेलन का इस बार का विषय है

उन्होंने इसे पूरा बकवास बताया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देशभर से मिले प्रतिष्ठित और स्मरणीय उपहारों की सार्वजनिक नीलामी करेगा इस नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग नमामि गंगे परियोजना में किया जायेगा

प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई करीब दो हजार वस्तुओं की प्रदर्शनी इस समय गैलरी में लगी हुई है इनमें पेन्टिंग्स कलाकृतियां शॉल जैकेट और पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं राज्य सरकार अटल सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर फिर से राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने जा रही है विधानसभा में कल निर्दलीय विधायक संयम लोढा ने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम पिछली सरकार द्वारा अटल सेवा केन्द्र करने का मुददा उठाया और कहा कि इन केन्द्रों का नाम नियम विरूद्व परिवर्तित किया गया है इस विषय पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे इन केन्द्रों का नाम बदला है और उन्होंने इन केन्द्रों का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी के नाम पर रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को जल्दी ही सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा

डॉ शर्मा प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की मंशा से अवगत करा दिया गया है जयपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए आज उप चुनाव होगा इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय अरविन्द सारस्वत को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है

उन्होंने बताया कि आवष्यता होने पर दोपहर में मतदान होगा और उसके तुरन्त बाद मतगणना होगी हनुमानगढ जिले के नोहर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का भी आज उप चुनाव होगा अमित चाचाणके विधायक चुने जाने के कारण यहां उप चुनाव हो रहा है

शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में विभिन्न पदों पर औपचारिकताएं पूरी किए बिना भर्तियां निकाली जो समय पर पूरी नहीं हो सकी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हए पार्टी समय से पहले ही सारी तैयारियों को अंजाम दे रही है अध्यक्ष पद पर पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्यसमिति और कार्यकारिणी के खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दे दिए गए हैं श्री पायलट ने चुनाव को लेकर पार्टी की अन्य तैयारियों की जानकारी दी श्री पायलट ने वसुंधरा सरकार पर महात्मा गांधी नरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इस योजना के मृतप्रायः हो जाने के कारण गांवों में विकास के कार्य नहीं हो पाए अब कांग्रेस की सरकार हर ग्राम पंचायत में विकास के काम कराएगी

जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में अचानक बदलाव आया है बाड़मेर भीलवाड़ा बांदीकुई और टोंक के देवली में ओले गिरने के समाचार है सिरोही पाली सीकर नागौर धौलपुर जैसलमेर अजमेर और जयपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा हुई बाड़मेर में आज भी कोहरा छाया हुआ है इससे सर्दी का असर बढ़ गया है ठण्डी हवाओं ने एक बार फिर ठिद्रन पैदा कर दी है